केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सचिव के साथ कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में केंद्र से राज्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्याज उपलब्ध करवाने की मांग की गई है

उपायुक्त एनजीटी के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय विशेष कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे इस कार्यबल का गठन उन शहरों के लिए कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वित करने के लिए किया गया है जहां जल व हवा की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है केसी चमन ने कहा कि यदि बद्दी क्षेत्र में कूड़े से खाद निर्मित करने वाले संयंत्र स्थापित कर दिए जाएं तो ठोस कचरे की समस्या का निदान किया जा सकता है उन्होंने कहा कि बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छता के संबंध में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न उद्योगों के मानव संसाधन प्रबंधकों को स्वच्छता के लिए गठित समिति में शामिल किया जाए साधना ठाकुर राज्य रेडक्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष डॉ साधना ठाक्र ने महिलाओं से अपनी शक्ति पहचानने और उसे समाज व देश को आगे बढ़ाने में लगाने का आहवान किया है मंडी जिला के सुंदरनगर में जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस गतिविधियों व इसके जरिये दी जाने वाली सुविधाओं व सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है

जनमंच को लेकर विभिन्न जिलों पूर्व जनमंच गतिविधियां आयोजित की जा रही है एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल ने बताया कि कांगड़ा जिला का जनमंच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दौलतपुर में आयोजित किया जाएगा

पैंशन न्यू पैंशन स्कीम के विरोध में कर्मचारियों ने कल चम्बा व सोलन में प्रदर्शन किए इस दौरान कर्मचारियों ने चम्बा शहर में रैली निकाली और सरकार से पुरानी पैंशन बहाल करने की मांग की न्यू पैंशन स्कीम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल ने सरकार से कर्मचारियों को पुरानी पैंशन के तहत लाने की मांग की ताकि उनमें असुरक्षा की भावना समाप्त हो सके लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने कल धर्मशाला में जिला कांगड़ा प्रशासन के समन्वय से इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम आईआरएस बेसिक व ् इंटरमीडिएट पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल सम्पन्न हुआ

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है एसडीएम पालमपुर पंकज शिक्षा बोर्ड के सचिव शिमला में क्रिसमस और न्यूईयर के लिए घटी एंडवास ब्रुकिंग शीर्षक से अमर उजाला लिखता है चम्बा और धर्मशाला में आंशिक असर कुल्लू मनाली में पर्यटन करोबार की रफ्तार बरकरार दैनिक भास्कर की एक ख़बर है सरकार ने बनाई नई स्टेट फ्यूल पॉलिसी एनजीटी के आदेश के बाद प्रदेश में पीट कोक और फरनेस ऑयल पर बैन की तैयारी सूबे के हाई स्कूलों कॉलेजों में भरेंगे शिक्षकों के एक हजार पद अमर उजाला की एक ख़बर है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

नमस्कार